देश व प्रदेश में धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर हुए कोरोना पॉज़िटिव जनजातीय क्षेत्रों में भारी हिमपात जारी मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद पांगी घाटी का अन्य भागों से कटा सम्पर्क कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें वेतन कटौती राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की मज़बूती के लिए कर्मचारियों का वेतन काटने का फैसला लिया है सरकार की ओर से इस संबंध में सभी विभागों सार्यजनिक उपक्रमों और स्वायत निकायों के डीडीओ को आदेश जारी कर दिए गए हैं

इसके अलावा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित समी अनुबंध कर्मियों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों का भी एक दिन का वेतन काटा जाएगा राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्य लोगों से भी कोविड फंड में योगदान की अपील की है रामनवमी रामनवमी का पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया यह पर्व भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोयिंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है प्रधानमंत्री ने कहा कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का सबके लिए यही संदेश है कि हम सभी मर्यादाओं का पालन करें प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद रखना होगा प्रदेश में भी रामनवमी की धूम रही और लोगों ने कोविड मानकों का पालन करते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना की सिरमौर ज़िले के त्रिलोकपुर स्थित माता बालासुन्दरी मंदिर में आज करीब डेढ़ हजार श्रद्वालुओं ने दर्शन किए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं को जल्द से धरातल पर उतारने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ऊना जिले के थानाकलां में अधिकारियों के साथ एक बैठक में आज उन्होंने कुटलैहड़ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी इस दौरान उन्होंने जंगलों में आगजनी की घटनाओं को रोकने और निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए इस बीच यीरेंद्र कंवर ने ऊना में कोविड नियंत्रण पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशानिर्देश दिए वैक्सीन कीमत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोयिशील्ड यैक्सीन की कीमत की घोषणा की है राज्य सरकारों को वैक्सीन की प्रति खुराक के लिए चार सौ रूपये और निजी अस्पतालों को छह सौ रूपये देने होंगे भारत में कोविशील्ड यैक्सीन की निर्माता कम्पनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केन्द्र द्वारा हाल में दी गई छूट के मद्देनजर कीमतों के बारे में यह घोषणा की है नए प्रावधानों के तहत यैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड यैक्सीन का पचास प्रतिशत केन्द्र को और पचास प्रतिशत राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे नए निर्देश से वैक्सीन का उत्पादन बढाने में मदद मिलेगी और राज्यों निजी अस्पतालों तथा टीकाकरण केन्द्रों को यह आसानी से उपलब्ध हो सकेगा

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है बिक्रम ठाकुर आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन है उन्होंने पिछले तीन चार दिन में उनके सम्पर्क में आए लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर कोविड मानकों का पालन करने की अपील की है मौसम प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भारी हिमपात और अन्य भागों में वर्षा व ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है लाहौल स्पीति जिले में बीती रात से बर्फबारी जारी है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है भारी बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है जबकि जिले की सभी अंदरूनी सड़कों पर भी यातायात अवरूद्व हो गया है

उधर किन्नौर जिले के ऊपरी इलाकों में भी हिमपात हो रहा है जिले में पुरबनी झूला के पास ल्हासे गिरने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरूद्व हो गया है इसके अलावा रल्ली के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई भारी बर्फबारी के बाद चंबा की जनजातीय पांगी घाटी का अन्य भागों से सम्पर्क कट गया है घाटी के कई स्थानों पर करीब दो फुट तक हिमपात हुआ है कुल्लू ज़िले की ऊपरी चोटियों पर भी हिमपात जारी है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई अन्य भागों में भी दोपहर बाद से रूक रूक कर वर्षा हो रही है

इसके अलावा आज व कल राज्य के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं व गरज के साथ भारी वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है सेब नुकसान इस बीच शिमला ज़िले के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है दिन के समय हुई ओलावृष्टि से नारकंडा और इसके आसपास के क्षेत्रों में सेब की फ्लावरिंग को नुकसान पहुंचा है वहीं राज्य के निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल पकने को तैयार है लेकिन बेमौसमी वर्षा से किसानों की चिंता बढ़ गई है भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंडी संसदीय क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह को प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को सहप्रभारी और पार्टी महासचिव राकेश जम्वाल को संगठन समन्वयक बनाया गया है सुरेश कश्यप ने बताया कि भाजपा ने उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है

दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक घायल ने नाहन अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा मृतकों में दो लोग संगड़ाह क्षेत्र के रहने वाले थे जबकि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था

देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है शिमला स्थित इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक जोगिन्द्र कुमार यादव ने सभी विद्यार्थियों से क्षेत्रीय केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों में न जाने को कहा है